शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा प्रदेश में शिक्षकों के खाली पद जल्द ही भरे जायेंगे उदयपुर जिले में खेरवाड़ा थानाधिकारी ढाई लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

प्रत्यक्ष ंविदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भण्डार बढा है और जीएसटी राजस्व संग्रह बढ रहा है और यह पिछली तिमाही में हर महीने एक लाख करोड रूपये से अधिक ही रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक और निजी निवेश को बढावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं साथ ही उपभोग बढाने की दिशा में भी पहल की है उन्होंने कहा कि कारोबारियों और एमएसएमई क्षेत्र सहित सभी पक्षकारों से चर्चा चल रही है और सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ताकि हर सेक्टर पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके संसद में बजट सत्र का पहला चरण आज सम्पन्न हो गया

इस दौरान आम बजट को पारित करने की शेष प्रकियाओं को पूरा किया जाएगा

कांग्रेस और किसी अन्य पार्टी का खाता भी नहीं खुला है

वे नमो एप ओपन फोरम या माइ जीओवी पर भी लिख सकते हैं

प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और ओडिशा की जोडी टीम विजयी रही राजस्थान और असम दूसरे उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की टीम तीसरे जब कि गुजरात और छत्तीसगढ़ की टीम चौथे स्थान पर रही

शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अंग्रेजी तथा गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पदों को भी आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले पदोन्नतति के माध्यम से भरा जायेगा

प्रतिपक्ष के नेता गूलाब चन्द कटारिया के तारांकित प्रश्न के जवाब में श्री कल्ला ने बताया कि जल जीवन भिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर लगभग सवा से डेढ लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है

शुन्यकाल में इस मुददे को उठाते हुए श्री लाहौटी ने कहा कि मिलावट करने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदेमा दर्ज होना चाहिए

इस फिल्म को प्रदेश में कर मुक्त करने को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत के तारांकित प्रश्न पर भाजपा विधायको और सरकार के मन्त्रियों के बीच नोकझोंक हुई इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी प्रक प्रश्न पूछना चाहा लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गयी इस पर नाराज विपक्ष ने प्रश्नकाल का बहिष्कार किया

ब्यूरो के उप अधीक्षक गुलाब सिंह ने बताया कि थानाधिकारी परिवादी से एक मुकदमें में धारा हटाने की ऐवर्ज में साढे चार लाख रूपये की मांग कर रहा था जबकि ये धारा उस मुकदमें लगी ही नहीं थी